ऊर्जामंत्री प्रियव्रत सिंह ने किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंजाब के कप्रथला जिले में सुलतानपुर लोधी में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया है अमृतसर समेत कई शहरों में कल नगर कीर्तन निकाला गया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हजूर साहेब सचखंड ग्रुद्वारा में मत्था टेकेंगे वे वहां लंगर वितरित करेंगे और पांच सौ पचास पौधे लगाने के अभियान में शाभिल होंगे इधर प्रदेश में भी प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की तैयारी की गई है राजघानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित नानकसर गुरुद्वारा में आज कीर्तन दरबार सजेगा और रागी जत्थे के विद्वान गुरुओं के शौर्यगाथाओं का वर्णन करेंगे गुरुग्रथ साहिब के समक्ष मत्था टेकने के साथ ही अरदास की जाएगी इस दौरान ग्रुद्वारे को आकर्षक रोशनी से ं सजाया गया है उधर जबलपुर खंडवा पन्ना रायसेन सहित विभिन्न जिलों में सिख समाज द्वारा प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों की गई है यहां लंगरों के आयोजन किये गये हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों को प्रकाशपर्व की बधाई दी है इस अवसर पर आज सभी सरकारी भवनों को रोशनी से सजाने के निर्देश दिये हैं उधर बैतूल में आपसी सद्भाव की भिसाल देखने को मिली यहां कल गुरूनानक जी नगर कीर्तिन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाये इस दौरान शरबत पिलाकर सिख समाज के लोगों का मुंह मीठा कराया गया और प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी ने राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राज्य में सरकार गठन के लिए अपनी इच्छा और क्षमता के बारे में बताने को कहा है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि पार्टी अपने सहयोगी दल कांग्रेस के साथ चर्चा करेगी और निर्घारित समय तक राज्यपाल को अपनी स्थिति से अवगत करा देगी इससे पहले राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इसी तरह की पेशकश की थी भाजपा ने जबकि सरकार गठन के लिये अपनी असमर्थता व्यक्त की थी जबकि शिवसेना सरकार गठन के लिए विधायकों के समर्थन पत्र प्रस्तुत करने में नाकाम रही थी श्री कोश्यिारी ने समय अवधि बढ़ाने के शिवसेना का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन के कार्य को व्यापक स्तर पर कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि डिजिटलाईजेशन समय की जरूरत है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है श्री टंडन ने कहा कि प्रस्तावित शिक्षा नीति में कम्प्यूटरीकरण आवश्यक होगा राज्यपाल कल राजभवन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य संविधान के दो प्राथमिक विषय हैं श्री टंडन ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में हिन्दी को बढ़ावा देना जरूरी है उन्होंने कहा कि इस दिशा में चिंतन और नवाचारों की आवश्यकता है रोजगार मेला केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के इंदौर स्थित राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआई में कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया

उस दिन राष्ट्रपिता ने विमाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के क्रुक्षेत्र में रखे गए विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने दिल्ली परिसर में समारोह का आयोजन किया गया है

कल ग्वालियर के आईआईटीएम सभागार में ग्वालियर चंबल सभाग के आठों जिलों के विधायकों के साथ विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पात्रता वाले जले और खराब ट्रांसफार्मरों को अविलम्ब बदला जाए इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर में दीनदयाल नगर जोन में उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हए दो जोन बनाने के निर्देश दिए नेत्र संस्थान इन्दौर में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट नेत्र संस्थान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई की स्थापना की जायेगी

इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कल शहर के कल्याणमल नर्सिंग होम परिसर में बनने वाले इस नेत्र संस्थान के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने अगले वर्ष मई माह तक इसे पूरा करने के निर्देश दिये हैं

कल शाम इसका शभारंम संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने किया इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा का पजन अर्चन करते हए आरती की उन्होंने राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से दो कला साधको को सम्मानित किया

डॉ साधौ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सभी संस्कृतियों का एक गुलदस्ता प्रदेश है यहां सभी संस्कृतियां पले और पनपे ऐसे प्रयास उनके विभाग द्वारा किए जा रहे है

पैंतीस वर्ष से अधिक आय वर्ग में भोपाल के डॉ हरप्रीत कौर खुराना प्रथम ग्वालियर की नीलम महेन्द्र द्वितीय और जबलपुर के सरदार गुरदर्शन सिंह तुतीय स्थान पर रहे

कि केट भारत और बांग्लादेश के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में गुरूवार से खेला जाएगा दोनों ही देशों की टीमें इंदौर पहुंच चुकी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्टेडियम की पश्चिम और पूर्व गैलेरी में दोनों टीमों के लिए तीन तीन अभ्यास पिच बनाए गए हैं जिनपर आज से अभ्यास सत्र आयोजित किंये जायेंगे आज से स्टेडियम के टिकट काउंटर से भी टिकट बेचे जाएंगे एक व्यक्ति अधिकतम चार टिकट ही खरीद सकेगा

हालांकि सुसनेर जनपद पंचायत के ताखला गॉव में लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है